दोनों नेताओं ने भारत जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों के ट्र प्लस टू से संवाद और वार्षिक शिखर बैठक सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की बाद में श्री मोदी ने दोपहर मोज के समय स्थाई विकास विषय पर आयोजित बैठक में हिस्सा लिया

उन्होंने कहा कि आसियान देशों ने गरीबी उन्मूलन के दिशा में बहुत बड़ा काम किया है महाराष्टू सरकार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नतीजों के दस दिन बाद भी सरकार गठन को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है भाजपा और शिवसेना में तनातनी के बीच आज मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की हालांकि बैठक के बाद वे सरकार बनाने को लेकर मीडिया के सवाल को टाल गये उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे खबर है कि राज्य में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना को सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं गौरतलब है कि यहां भाजपा और शिवसेना ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था लेकिन परिणामों के बाद शिवसेना फिप्टी फिप्टी फामूले पर अड़ी हुई है जिसके तहत ढाई साल शिवसेना का और ढाई वर्ष भाजपा का मुख्यमंत्री रहे

भोपाल में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव किसान आंदोलन में शामिल हुए होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा कार्यकर्ता शहर में आक़ोश रैली निकाल रहे हैं वहीं डिण्डौरी और शिवपुरी में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा उधर कांग्रेस भी केन्द्र की एनडीए सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए समूचे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है

जबलपुरउमरिया अशोकनगर टीकमगढ़ और शिवपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा

मौसम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में आज मौसम खुला हुआ है तेज धूप से यहां दिन का तापमान बढ़ गया है वहीं रात और सुबह के वक्त गुलाबी सर्दी महसूस की जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इंदौर उज्जैन भोपाल होशंगाबाद और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई शेष संभागों के जिलों में मौसम शृष्क रहा

पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है

विशेषज्ञों के मुताबिक जिले का मौसम इन फसलों के अनुकूल है